प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय

इस बीमारी से अब तक एक सौ नब्बे बच्चों की मौत बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है छब्बीस जुलाई तक चलने वाले सत्र में दोनों सदनों की इक्कीस इक्कीस बैठकें होंगी विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि सदन में कानून व्यवस्था की स्थिति और मुजफ्फरपूर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में एईएस से बच्चों की मौत के मामले को लेकर सरकार को घेरा जायेग वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार विपक्ष द्वारा लाये गये हर मुदुदे का जवाब देने को तैयार है केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जीएसटी के सहायक आयुक्त चंदन पांडेय को पटना स्थित कार्यालय में ढ़ाई लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरोपी सहायक आयुक्त राजधानी के बुद्ध मार्ग स्थित कार्यालय में राजद के विधान पार्षद सुबोध राय से रिश्वत के तौर पर ढ़ाई लाख रुपये ले रहा था विधान पार्षद ने सीबीआई में शिकायत की थी कि आरोपी उनपर टैक्स देने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे ठीक करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है आरोपों का सत्यापन करने के बाद सीबीआई ने छापेमारी की और सहायक आयुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया संदिग्ध दिमागी ब्रखार एईएस से राज्य के विभिन्न जिलों में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ नब्बे हो गयी है मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल पटना के पीएमसीएच और नवादा में एक एक बच्चे की मौत की खबर है इधर राज्य सरकार एईएस से मौत के बढ़ते आंकड़ें को देखते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुजफ्फरपुर में दिगामी बुखार से प्रभावित इलाकों का व्यापक सर्वे करवाने का निर्णय किया गया श्री कुमार ने बताया कि जिले के सबसे अधिक प्रभावित मीनापुर कांटी बोचहा मुसहरी और पारू प्रखंडों में सोमवार से एक बार फिर सर्वे करवाया जायेगा इधर विपक्ष एईएस मामले को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हो गया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने स्थिति से निपटने में राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत करीब सवा दो करोड़ लोगों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की गई है राज्यसभा में प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक दो करोड़ तीस लाख से अधिक लोग लाभार्थी के रूप में नाम दर्ज करा चुके हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने डिजिटल साक्षरता योजना को खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में लागू करने के लिए कई कदम उठाये हैं

उसी में एक विचार आया कि जब तक हम उनको डिजिटली साक्षर नहीं करेंगे तब तक वो डिजिटल उपकरणों के साथ काम नहीं कर पाएगे तो तीन इसके स्तर थे

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना उड़ान के अन्तर्गत देश के उनतालीस हवाईअड्डों को एक सौ चौहत्तर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह प्ररी ने आज लोकसभा में बताया कि उड़ान योजना अच्छी तरह से चल रही है एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि उड़ान कंपनियों ने उन्नीस सौ चौरानवे के बाद से किराये खुद ही तय किए हैं

पर ये जो एयर फेयर है ये सरकार तय नहीं करती है ये एयर पराइस पराइवेट कैरियरस खुद डिट्रमाइन करते हैं और हम सिर्फ यही देखते हैं जो एयर कैरियर है वो जो दाम तय करे तो उसको अपनी वेबसाइट पर लगाए कि जो एक्चुल एयर फेर बिन चार्ज वो जो वेबसाइट पर है उस से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार तीस जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे केन्द्र में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की यह पहली कड़ी होगी प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के जरिये विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं जो प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को दिन में ग्यारह बजे प्रसारित होता है प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है बक्सर भोजपुर अरवल जहानाबाद वैशाली पटना नालंदा समस्तीपुर बेग्सराय लखीसराय खगड़िया और मुंगेर में कई स्थानों पर आज सुबह झमाझम बारिश हुई वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्से गोपालगंज सीवान सारण शिवहर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अलावा उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भी गरज के साथ बारिश हुई है सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश गोपालगंज जिले के हथ्रआ में रिकार्ड की गयी वहीं सीवान जिले के पचरूखी हसैनगंज महाराजगंज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी चकिया किशनगंज के ठाक्रगंज और सहरसा के सोनवर्षा में दो से लेकर छह सेंटीमीटर तक बारिश हुई है इधर मौसम विभाग ने रोहतास भोजपुर अरवल और जमुई में अगले चार से पांच घंटे के दौरान तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है कल के पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के प्रमुख शहरों पटना गया भागलपुर और पूर्णियां में आसमान में बादल छाये रहेंगे कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है इधर नवादा जिले के सदर प्रखंड में भोलाबिगहा गांव में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी और तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गये बेगूसराय के वीरपुर में भी वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गयी और दो अन्य झुलस गये पटना के बिहटा स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की आठ टीमें राज्य में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में आज से तैनात कर दी गयी हैं मुजफ्फरपुर गोपालगंज दरभंगा सुपौल कटिहार और पश्चिम चंपारण जिले में एक एक टीमें तथा पटना के दीदारगंज में दो टीमें तैनात की गयी हैं एनडीआरएफ नौंवी बटालियन के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर इस वर्ष मॉनसून पूर्व ही टीमों को तैनात किया गया है उन्होंने कहा कि ये टीमें अत्याधुनिक बचाव उपकरणों से लैस हैं और बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य में सक्षम हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया है कि बैंकिंग परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराने के अनुरोधों पर विचार किया जायेगा आज राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने इस संबंध में मंत्रालय से अनुरोध किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार की नौकरियों में दिव्यांग जनों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा इसके साथ ही सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा श्री मोदी ने आज पटना के कुम्हरार स्थित एक स्कूल के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्ग विधवा के साथ ही दिव्यांगों के लिये पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग केन्द्र सरकार से की गयी है आयकर विभाग ने करदाताओं को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये पटना के ज्ञान भवन में आयोजित व्यापार मेला में टैक्स पेयर्स लॉउंज लगाया है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान महानिदेशक केसी घ्रमरिया ने लॉउंज का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार झारखंड में आयकर अदायगी को लेकर लोगों में सकारात्मक रूख में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि नये करदाताओं की संख्या के लिहाज से बिहार झारखंड देश में दूसरे नम्बर पर रहा है श्री घुमरिया ने कहा कि आयकर दाताओं के लिये प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा रहा है और इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिये ऐसे लॉउंज लगाये गये हैं गोपालगंज जिले के मांझा थाना इलाके के मधुसरैया में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने गयी उत्पाद विभाग की टीम पर अपराधियों ने फायरिंग की टीम ने मौके से पांच सौ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है इधर शेखपुरा की विशेष अदालत ने शराब रखने और बेचने के आरोप में दोषी एक व्यक्ति को तीन माह कारावास और पांच सौ रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है नवादा के पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद ने औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से फरार पाये गये आठ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू

प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय

इस बीमारी से अब तक एक सौ नब्बे बच्चों की मौत